इस प्रार्थना सभा में राज्यपाल कल्याण सिंह मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल सैनी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट भारत वाहिनी पार्टी के अध्यक्ष घनश्याम तिवाड़ी समेत वरिष्ठ नेताओं तथा अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्वांजलि दी प्रार्थना सभा में विभिन्न धर्मों के धर्म गुरूओं ने भी भाग लिया उधर प्रदेश के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री अरूण चतुर्वेदी श्री वाजपेयी के अस्थिकलश कल दिल्ली से जयपुर लाएंगे ये अस्थिकलश गुरूवार को प्रदेश के बांसवाडा स्थित बेणेश्वर धाम कोटा की चम्बल नदी और अजमेर के पृष्कर सरोवर में विसर्जित किए जाएंगे

मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने आज दवाइयां से भरे ट्रकों को हरी इंडी दिखाकर रवाना किया इस मौके पर उन्होंने कहा कि राजस्थान केरल के आपदाग्रस्त नागरिकों के साथ है केरल बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए प्रदेशभर से सहायता राशि भेजी जा रही है आरएएस एसोसिएशन की ओर से राजस्थान प्रशासनिक सेवा के चार अधिकारी राहत सामग्री के साथ केरल भेजे जाएंगे एसोसिएशन की ओर से कहा गया है कि ये अधिकारी छटटी लेकर वहां मदद के लिए जाएंगे

शिक्षा राज्य मंत्री वासुदेव देवनानी ने बताया कि श्री गुरूजी सम्मान के लिए प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों से पात्र अध्यापकों के चयन के ै निर्देश दिये गये हैं

लोग नरेन्द्र मोदी ऐप और माय जी ओ वी ओपन फोरम पर अपने विचार और सुझाव भेज सकते हैं

सरकार ने अपनी तरफ से कोई राशि खर्च नहीं की भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष मदनलाल सैनी ने अपने शपथ पत्र के साथ यह जानकारी राजस्थान उच्च न्यायालय को दी है इस मामले में अधिवक्ता विभूतिभूषण शर्मा की ओर से न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की गई थी जिस पर अदालत ने भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष को यात्रा पर हुए अब तक के खर्च का ब्यौरा देने को कहा था

इस योजना से लोगों को उच्च गुणवत्ता वाली दवाइयॉ बाजार मूल्य से कम रूपये में उपलब्ध करवाई जा रही हैं

मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे विधानसभा अध्यक्ष कैलाश मेघवाल और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेशवासियों को इद्ल जुहा पर मुबारक बाद दी है मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि ईद उल जुहा हमें नेकी की राह पर चलने भाईचारे और प्रेम के साथ रहने तथा देश के लिए अपना सर्वस्व समर्पित करने की प्रेरणा देता है अजमेर में सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह में जन्नती दरवाजा कल खोला जाएगा

ये सहायता राशि इस साल अप्रैल महीने से प्रभावी मानी जायेगी योजना का लाभ उन्हीं मजदूरों को मिलेगा जिन्होंने भवन और अन्य संनिर्माण कर्मकार अधिनियम में अपना पंजीयन कराया है

इलैक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने व्हाट्सएप के मुख्य कार्यकारी अधिकारी चेरिस डेनियल्स से नई दिल्ली में मुलाकात के बाद पत्रकारों को यह जानकारी दी सीकर के फतेहपुर में अब स्थिति सामान्य हो गई है दो समुदायों के बीच विवाद के बाद यहां तनाव पैदा हो गया था

प्रशासन हालात पर नजर रखे हुए है ओर इंटरनेट सेवाएं बहाल कर दी गई है

जिले में कई स्थानो पर आज अच्छी बरसात हई उधर ब्रंदी जिले में भी कई स्थानों पर मध्यम से तेज वर्षा हई है करौली जिले के सपोटरा मंडरायल और हिंडौन में तेज पानी बेरसा बांसवाड़ा में सुबह से बूंदाबांदी और बारिश का दौर शाम तक जारी रहा उदयपुर में भी रूक रूक कर दिनभर बरसात होती रही

सिराही में आज जिला प्रमुख पायल परसरामपुरिया के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव खारिज हो गया सवाईमाधोपुर जिले में विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस के अवसर पर विधिक सेवा शिविर का आयोजन किया गया